उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवा प्रतिभाओं को और निखारने के लिए प्रत्येक जिलों में इसी तरह का स्टेडियम बनाने की योजना बना रहा है पासीघाट में कल पच्चीसवीं सीनियर महिला फुटबॉल प्रतियोगिता दो हजार उन्नीस बीस का उद्घाटन करते हुए श्री खाण्ड् ने यह बात कही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करके छह से दस आय़ वर्ग के प्रतिभाओ को खोज निकालने का कार्यक्रम है पासीघाट के लोगों की खेल भावना की सराहना करते हुए श्री खाण्ड्र ने खासतौर से महिला स्व सहायता समूह रोजे रासेंग़ का आभार व्यक्त किया और कई वर्षों से विभिन्न प्रतियोगिता के माध्यम से फुटबॉल खेल को प्रोत्साहित करने और टीम को प्रायोजित करने के लिए उन्हें सम्मानित भी किया केंद्रीय खेल एवं युवा मामला मंत्री किरेन रिजिजू ने पूर्वोत्तर को खेल प्रतिभाओं का पावरहाउस बताते हुए कहा कि यह प्रतियोगिता युवाओं को खेल को व्यवसायिक तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा श्री रिजिज्ञ ने बताया कि उनकी मंत्रालय देश में महिला फुटबॉल को प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही एक अभियान की शुरुआत करेगी मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू ने ईस्ट सियांग जिले के बागवानी एवं वन्य महाविद्यालय के छात्रों और संकाय सदस्यों से अरुणाचल में बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए उत्प्रेरक बनने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में राज्य की आर्थिक स्थिति को बदलने में काफी संभावनाएं है महाविद्यालय में कल छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित करते हुए श्री खाण्डू ने कहा कि बागवानी में अपार संभावनाएं होने के बावजूद भी राज्य में कृषि बागवानी क्षेत्र का बहुत अधिक उपयोग नहीं किया गया है उन्होंने संस्थान से कॉलेज परिसर की दीवारों से परे तकनीकी विशेषज्ञता का प्रसार करके बागवानी क्षेत्र और किसानों को लाभांन्वित करने के तरीकों को विकसित करने का आग्रह भी किया केंद्र बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए जल्द ही विधेयक पेश करेगा

उन्होंने कहा कि इस विधेयक से उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान पाने और अपनी पंसद की बिजली वितरण कंपनी चुनने में भी मदद मिलेगी बिजली राज्य मंत्री ने बताया कि गांवों में प्रत्येक घर को बिजली और रसोई गैस उपलब्ध कराई जाएगी तथा दो हजार बाईस तक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक करोड़ पंचानवे लाख मकान लाभार्थियों को दिए जाएगे इस अवधि तक प्रत्येक घर तक बिजली पहुंच दी जाएगी लोअर सुबनसिरी जिले में हालही में आयोजित जीरो बटरफ्लाई मीट के छठे संस्करण के दौरान करीब एक सौ पांच तितली प्रजातियों को प्रलेखित किया गया था रिकॉर्ड की गई प्रजातियों में भूटान ग्लोरी ब्राउन गोर्गोन व्हाईट ड्रेगनटेल और मणिपुर जंगल क्वीन प्रमुख थे सम्मेलन के दौरान देशभर से प्रतिनिधियों ने तितली और पतंगों पर प्रस्तुतियां दी नेशनल पीपल्स पार्टी एन पी पी की राज्य इकाई के चीफ गीचो काबक के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधिमंडल ने कल गुवाहाटी में पार्टी राष्ट्रीय इकाई के अध्यक्ष कोनराड के संगमा से मुलाकात की और राज्य में पार्टी को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया बैठक में अरुणाचल प्रदेश में दो हजार उन्नीस के चुनाव के बाद पर विस्तार से बातचीत की गई साथ ही राज्य में जमीनी स्तर पर पार्टी के संगठनात्मक मामले को और मजबूत करने की आवश्यकता पर विचार किया गया श्री संगमा ने एन पी पी से निर्वाचित विधायक को राज्य के विकासात्मक गतिविधियों के अलावा पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने में प्रेरक शक्ति बनने को कहा दोहा में पुरुष फुटबॉल विश्वकम के क्वालीफाइंग़ दौर में गुरप्रीत सिंह संध् के आसाधारण प्रदर्शन की बदौलत कल एशियाई चैंपियन कतर के साथ भारत का मैच बिना किसी गोल के बराबरी पर रहा इस ड्रा मैच से ग्रुप ई के दूसरे दौर में भारत को पहला अंक हासिल हुआ फीफा रैंकिंग में कतर के मुकाबले भारत ईकतालीस पायदान नीचे है इस रैंकिंग में कतर को बासठवां जबकि भारत को एक सौ तीनवां स्थान हासिल है भारतीय टीम इस समय क्रोएशिया के कोच इगोर स्टीमैक के नेतृत्व में खेल रही कतर टीम सत्ताईस बार गोल दागने के करीब पहुंची लेकिन गुरप्रीत ने किसी भी प्रयास को गोल में तबदील नहीं होने दिया गुरप्रीत को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है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 आज का अधिकतम तापमान बत्तीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया जबकि पिछले चौबीस घंटो के दौरान पांच दशमलव तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई